उन्होंने यहां हबीबगंज रेल्वे स्टेशन का निरीक्षण किया इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को लगभग सौ करोड रूपये की लागत से सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि यहां जो दो सबवे बनाये जा रहे है वे आसान काम नही है इसके लिये ये रेल्वे के इंजीनियरों और परियोजना से जुडे लोगों को बधाई देते हुए श्री गोयल ने उम्मीद जाहिर की कि तीन से चार महीने के भीतर हबीबगंज स्टेशन पूरी तरह से शुरू हो जायेगा श्री गोयल निरीक्षण के बाद छिन्दवाड़ा जिले के परासिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रेल मंत्री कार्यक्रम के बाद आज शाम को ही नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे

इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित किये जाएंगे राज्य शासन ने मंत्रि मण्डल के सदस्यों को कार्यक्रम के लिये आवंटित जिलों की सूची जारी कर दी है विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह बाकी मंत्री अपने प्रभारी जिलों में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है

रिकार्ड किये हुए कुछ संदेशों को कार्यकम में शामिल किया जायेगा

बैंकिंग बैठक मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि जिन प्रकरणों में राज्य शासन गारंटी दे ऐसे मामलों में बैंको द्वारा गारंटी मांगने की आवश्यकता नही है

बैंक यह सुनिश्चित करें कि जनकल्याण और लोगों को आत्म निर्भर बनाने के उददेश्य से संचालित योजनाओं का कियान्वयन भी इसी स्वरूप में हो बैठक में राज्य शासन द्वारा संचालित रोजगारोन्मुखी योजनाओं उद्यमिता केन्द्रित योजनाओं सहित प्रधानमंत्री जनधन योजनाप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं को बैंकों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई

प्रदेशमर के कई हिस्सों में ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं राजधानी भोपाल में भी इस दौरान प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं

जिसमें बड़ी संख्या में ताजिये और सवारियों के साथ अखाड़े के सदस्य शामिल होंगे

परीक्षा का आयोजन भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर संभाग मुख्यालयों पर दोपहर एक से तीन बजे तक किया गया है विद्यार्थियों को निर्घारित तिथि को अपना आधार कार्ड दसवीं की अंक सूची और एप्लीकेशन आईडी लेकर उन्हें आवंटित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से एक घंटे पहले अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है

यह दरें सुकन्या समृद्धि योजनालोक भविष्य निधि योजना और किसान विकास पत्र पर भी लागू होंगी